उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् आज एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं वे पटना हाईस्कूल गर्दनीबाग की स्थापना के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे साथ ही श्री नायडू पटना विश्वविद्यालय के केन्द्रीय प्रस्तकालय के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति कंकड़बाग स्थित कैंसर हॉस्पिटल सवेरा का उद्घाटन करेंगे श्री नायडू सुबह ग्यारह बजे विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट आयेंगे और निर्धारित कार्यक्रमों के बादशाम पांच बजकर पच्चीस मिनट पर वापस दिल्ली के लिये रवाना होंगे पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं उनकी सुरक्षा में सौ मजिस्ट्रेट और तीन सौ पुलिस अधिकारियों के साथ एक हजार जवानों को तैनात किया गया है पटना हाई स्कूल अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है दो जुलाई उन्नीस सौ उन्नीस को स्थापित इस विद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है एक रिपोर्ट बाईट भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुये राजेंद्र सिंह सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद गृह सचिव राजीव गाबा राज्यसभा सदस्य आर के सिन्हा सहित कई नामचीन हस्तियां इस विद्यालय के छात्र रह चुके हैं आयोजित हो रहे विद्यालय के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि होंगे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे इधर पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से स्कूल परिसर से शहीद स्मारक तक शताब्दी दौड़ का आयोजन किया गया

राज्य सरकार काम में सुस्ती बरतने वाले इंजीनियरों को जबरन सेवा निवृत करेगी भवन निर्माण विभाग ने पचास वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे इंजीनियरों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो अपने कार्य में फिसड्डी पाये गये गौरतलब है कि बीते दस अप्रैल को इस संबंध में हुयी एक महत्वपूर्ण बैठक में अभियंताओं को काम के आधार पर जबरन सेवा निवृति देने पर विचार किया गया था भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार के निर्देश पर अभियंता प्रमुख योगेन्द्र सिंह ने एक अगस्त को ऐसे इंजीनियरों की पहचान करने का आदेश जारी किया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिये एक वर्ष के अंदर मेडिकल कॉलेज कैंपस से सीधे नियुक्ति की जायेगी पटना में हृदय रोग विशेषज्ञों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी नेकहा कि एनडीए सरकार राज्य में ग्यारह नये मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है उन्होंने बताया कि पूर्णिया छपरा और मधेपूरा में चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं जबकि वैशाली बेगूसराय सीतामढ़ी झंझारपुर और बक्सर में इनके निर्माण के लिए निविदा जारी की गई है प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है अधिकांश बाढ़ पीड़ित अपने घर लौट गये हैं हालांकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है प्रभावित इलाकों में महामारी की आशंका को देखते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है इस बीच बीते चौबीस घंटों के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से उत्तर बिहार में ग्यारह लोगों की मौत हो गयी सीतामढ़ी में तीन मुजफ्फरपुर के मुशहरी में दो मोतिहारी में चार बेतिया और दरभंगा में एक एक व्यक्ति के मरने की खबर है इनमें सात बच्चियां और चार युवक शामिल हैं इस बीच काको पंचायत के झौआ और निरभापुर को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर लोगों ने मधुबनी के झंझारपुर अंचल कार्यालय में तोड़फोड़ की और वहां पदस्थापित बीडीओ और सीओ के साथ मारपीट की राज्य के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री सह कटिहार जिला प्रभारी राम नारायण मंडल की अध्यक्षता में जिले में बाढ़ राहत इंतजामों का आकलन किया गया

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार भूजल के अनियंत्रित दोहन पर रोक लगायेगी इसके लिये पटना में घरों में चल रहे पचास हजार से अधिक निजी बोरिंग को जल्द बंद कराया जायेगा उन्होंने कहा कि बोरिंग बंद कराने के पहले नगर निगम जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ कर हर घर तक पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा

पटना जीपीओ में पचास लाख रूपये से अधिक का घोटाला उजागर हुआ है यह घोटाला सावधि जमा और मासिक आय योजना से जुड़ा हुआ है वैसे खाताधारकों के खाते से राशि की अवैध निकासी की गयी जिनके खाते में सालों से किसी तरह का लेन देन नहीं हुआ सभी निकासी मैनुअल खाते से की गयी है इस मामले में एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद पटना जीपीओ में कमिटी बनाकर जांच शुरू की गई जिसमें गड़बड़ी पायी गयी जांच के बाद जालसाजी की राशि और बढ़ने की आशंका है प्राथमिक तौर पर डाक सहायक मुन्ना कुमार को निलंबित कर दिया गया है अन्य लोगों के भी इसमें शामिल होने की आशंका है पटना हाई कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले के अभियुक्त लड्डन मियां की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है राजदेव रंजन की तीस मई दो हजार सोलह को सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी इस हत्याकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है बिहार के बाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर ने हरियाली और बेहतरीन ईको सिस्टम के मामले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पारस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाने के मामले में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किये गये मूल्याकन में वीटीआर टॉप पर है इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोलकाता और वाराणसी से जोड़ने के लिये तीन नयी विमान सेवा शुरू की जा रही है इंडिगो की ये तीनों विमान सेवाएं आठ अगस्त से शुरू की जायेगी आगामी छह अगस्त से महाराष्ट्र के नासिक में होने वाली दसवीं मिनी राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी समिति का चुनाव आज होगा पटना में आयोजित इस चुनाव पर भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ की नजर रहेगी पटना जिला सुब्रतो मुखर्जी अंतर विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में संत माइकल हाई स्कूल ने लीड्स एशियन स्कूल को आठ शून्य से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया रेलवे जम्मू कटरा और उधमपुर से शुरू होने वाली यात्रा के टिकट मगलवार सुबह तक रद्द कराने वाले यात्रियों से टिकट रद्द कराने का कोई शुल्क नहीं लेगा अन्य स्थानों से इन स्टेशनों तक आने वाले यात्रियों से भी टिकट रद्द कराने का शुल्क नहीं लिया जायेगा उनसे केवल कागजी खर्च वसूला जाएगा नवादा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में पिता पुत्र समेत चार दोषियों को पांच पांच साल की सजा सुनाई है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है पाक सेना की साजिश नाकाम दैनिक जागरण लिखता है बच्चा चोरी की अफवाह पर धनरूआ और दानापुर में पीट कर दो की हत्या दैनिक भास्कर की सुर्खी है तीन बार के चैंपियन पटना पायरेट्स अपने घर में पहले ही मैच में हारे प्रभात खबर लिखता है पटना जीपीओ में पच्चास लाख रूपये से अधिक का घोटाला आज अखबार ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये शीर्षक लगाया है मेडिकल कॉलेज कैंपस से सीधे होगी डॉक्टरों की बहाली और अब अंत में मुख्य समाचार उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् का एक दिवसीय पटना दौरा आज